ये गांव ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जुड़ गये हैं अब देश भर के छह लाख गांव ऑप्टिकल फाइबर से जूड जाएंगे इसका संचालन द्र संचार विभाग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी कामन सेवा सर्विसेस करेंगे ई एज्केशन ई एग्रीकल्चर टेली मेडिसिन और अन्य सामाजिक स्रक्षा योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को एक बटन दबाने पर मिल सकेंगा प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी स्रक्षा को कम न करने और इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों का पालन करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने क़षि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्य्नतम समर्थन मुल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा

उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करते हए कहा कि राज्य सरकार ने उनके प्नर्वास के लिए पर्याप्त सहायता का आश्वासन दिया है स्थानीय विधायक गोकर बासार ने कहा कि मूसलाधार बारिश और भ्रस्खलन से प्रे क्षेत्र में बहत ज्यादा न्कसान हआ है और जलस्रोतो के मार्ग में भी बदलाव ह्आ है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित इगो वैली के लोगों से एक ज्ट होकर प्नर्वास कार्य करने और इसमें प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की श्री गोकर बासार ने कहा कि जिला प्रशासन ने त्वरित गति से न्कसान का आकलन कर प्रभावित लोगों की सहायता का भरोसा दिलाया

कल आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से उनहत्तर वेस्ट कामेंग जिले से अद्वारह और वेस्ट सियांग जिले से चौदह मामले शामिल है कल कोविड जांच के लिए राज्यभर में एक हजार सात सौ तेईस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों की कृल संख्या सात हजार तीन सौ पचासी हो गई है जिसमें से एक हजार नौ सौ चौसठ सक्रिय मामले हैं वेस्ट कामेंग जिले के रुपा के ए डी सी एस ग्रुंग ने बताया कि जिले के बालेम् से गत अट्ठारह सितंबर को एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया था और यह व्यक्ति रुपा से बालेम् गया था स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आए तेईस व्यक्तियों और चार रिटर्निज का सैंपल लिया जिसमें से ग्यारह पॉजिटिव पाए गए हैं

केवल पचास प्रतिशत अध्यापक और गैर शिक्षणकर्मी आज उपस्थित रहे कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व छात्रों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई

इस इस परियोजना को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित किया गया है परियोजना के तहत नामसाई स्थित स्थानीय कंपनी दवारा अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण आजिविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर एक सौ पचास से ज्यादा किसानों और वाग्न गांव के मोकमो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है इसके तहत समूह के सदस्यों को आचार बनाने तैयार सामान ई पैकिंग करने के तौर तरीकों के साथ साथ उत्पाद की ग्णवत्ता और खान पान के अन्कूल स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरुरी उपायों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा